प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चारों प्रमुख मेट्रो में लगातार बढ़ रही इंधन की कीमतों के दृष्टिगत नई दिलली में तेल कंपनियों के प्रम्खों से इसकी वैश्विवक स्थिति पर विचार विमर्श किया अतंर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्वि से परिवहन ईंधन की कीमतें भी बढ़ रही है इस महीनें के श्रू में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने तेल पर एक्साईज डयूटी में डेढ़ रूपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी इसके अलावा राज्यों की तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों मे एक रूपये प्रतिलीटर की कमी कर दी थी आज की बैठक में रसायन मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा राजीव क्मार और नीति के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी उपस्थित है

यह ऐप नागरिकों को फोटों खींचने और उल्ल्घनों के वीडियों बनाकर उसे च्नाव अधिकारियों तक भैजने का अवसर देता है यह ऐप तभी काम करेगा जब च्नाव होने वाले राज्य में आचार संहिता लागू होगी छत्तीसगढ़ जहां अब च्नाव होने है के म्ख्य अधिकारी श्री स्ब्रत साह ने कहा कि यह ऐप निष्पक्ष और पारदर्शी च्नाव स्निश्चित कराने के मदद करेगा

पदयात्रा का समापन सनातन मंदिर के पास हआ जहाँ पर म्ख्यमंत्री ने जन सभा को सम्बोदित किया और लोगो को सव्छता के लिए जागरूक किया इस मौके पर म्ख्यमंत्री से पूछे गए पराली के सवाल पर कहा कि पराली की समस्या बहूत ही पुरानी है जिसके समाधान के लिए नई टेक्नोलॉजी के पराली से बायोगैस व् पावर बनाये जाने के प्लांट लगाए जा रहे है जिससे किसानो को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और जल्द ही इस समस्या से नजात मिलेगी हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा है कि बावल क्षेत्र के मोहन पूर गांव से लापता हुई लड़की को खोजने में अगर राज्य अपराध ब्यूरो असफल रहा है तो इसकी जांच सीबीआई को सोपी जायेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ये भवन स्थापित करने के ग्जरात के म्ख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है

उन्होंने बताया कि इस भवन को हरियाणा सरकार स्वतंत्र रूप संचलित करेगी काबिले गौर है कि ग्रजराज सरकार आध्निक मजबूत समुदव और लचीले भारत के निर्माण के सरकार वल्भव भाई पटेल के आर्दशों के प्रति हमारी आस्था और स्दृढ़ करने हेत् इसे ऐतिहासिक स्टैच्य् आफ यूनिटी का निर्माण कर रही है और इस पर स्मारक को सामूहिक स्वामित्व के साथ सही मायने मे एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए के निकट के क्षेत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्टेच्य् आफ युनिटी परिसर स्थापित किया जा रहा है

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वार्षिक समारोह में हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर से आए मेधावी छात्र छात्राओं बेहतर कार्य करने वाले अध्यापकों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में परीक्षाओं के लिए अन्सूचित जाति की छात्राओं से लिए जाने वाले श्ल्क में छूट देने की घोषणा भी की इस घोषणा से प्रदेश भर के अन्सूचित वर्ग से ज्ड़ी छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भरी जाने वाली फीस में छूट मिल सकेगी

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड के कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हए कहा कि बोर्ड ने एचटेट परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके बोर्ड की छवि में सुधार करने का काम किया है वही नकल रहित परीक्षाओं के संचालन में भी बोर्ड ने बेहतर कार्य किया है

वही इनके अलावा नकल उन्मूलन में अव्वल रहने वाले नौ स्कूलों को सुशीला स्मृति और राकेश स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने पोलीथीन के प्रयोग पर चिंता जताई है रोहतक में ग्लोबल हैंड वांशिग डे पर एक समारोह को स्म्बोधित करते हुए उन्होंने कहा िक सरकार की रोक के बावजूद पोलीथीन का प्रयोग जारी है

उन्होंने पोलीथीन से पर्यावरण को होने वाले न्कसान बारे बताते हए कहा कि यह अत्यंत धातक है

सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी इस मौके पर स्वच्छता का संदेश दिया और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील की हरियाणा व केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में श्री कृष्ण आय्ष विश्वविदयालय से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी महाविदयालयों में हरियाणा के पिछड़े वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय छ लाख रूपये तक होगी

उन्होंने बताया कि छ लाख रूपये के अधिककी वार्षिक आय वाले उम्मीदवार की गिनती क्रीमी लेयर में की जायेगी और श्री कृष्ण राजकीय आय्र्वेदिक महाविद्यालय रोहतक एमएसएम महिला आय्र्वेदिक संस्थान खानपुर और धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविदयालय व अस्पताल की बीएएमएस सीटों का भी वर्गीकरण किया जा रहा है

हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने आश्विन नवरात्र मेले के छठे दिन आज श्रीमाता मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शन किये तथा महामायी का आर्शीवाद प्राप्त किया इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में माता की पूजा की और हवन किया बाद में मीडिया से बातचीत मे श्रीमती जैन ने देश व प्रदेश वासियों को नवरात्रों की बधाई व श्भकामनाये देते हए कहा कि आज मैने प्रदेशवासियों का स्ख समृदवि की कामना की है

इस दौरान किसी भी व्यक्ति दवारा हथियार अग्नि अस्त्र लाठी भाला गंडासा तलवार या ज्वलशील पदार्थो लेकर कर चलने पर पांबदी रहेगी